वहीं नवासी हजार से ज्यादा स्वस्थ हो चुके हैं

कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ते हुए एक लाख से अधिक हो गई है

लोग अपने विचार नमो एप या माइजीओवी ओपन फोरम पर भी साझा कर सकते हैं

इस दौरान ई फाइलिंग के साथ फिजिकल फाइलिंग भी की जा सकेगी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वानी ने इस का सर्कुलर जारी किया है जिसमें साफ किया गया है कि महत्वपूर्ण मामलों की ई फाइलिंग के साथ फिजिकल फाइलिंग भी की जा सकती है पूर्व में कोराना काल में सिर्फ ई फाइलिंग की सुविधा दी गई थी लेकिन ई फाइलिंग में तकनीकी परेशानी आने की शिकायतें सामने आने लगी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

मौसम राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही चमकीली धूप खिली हुई है और उमस भरी गर्मी पड रही है वहीं कल शाम राजधानी के कई इलाकों में तेज गरज चमक के साथ बारिश हुई इससे तापमान में गिरावट आने से लोगों को उमस से राहत मिली रायसेन सीहोर सतना नौगांव में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई

उधर सीधी इंदौर गुना रतलाम उमरिया मलाजखंड और धार जिलों में कल हल्की बारिष दर्ज की गई

एसडीएम भारती मिश्रा ने मामले की जांच कराने के लिए कहा है